चावल कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उपमोक्ताओं को खराब चावल प्रदाय करने का मामला गंभीर है इसकी ईओडब्ल्यू से जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए है गौरतलब है कि प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ग्णवत्ता नियंत्रकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है जबकि बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है संबंधित मिल संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है

नीमच से अच्छी खबर है

इस बीच एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अमरीका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे विदेशमंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसी सप्ताह इस सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं

लेह नरवणे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख के दो दिन के दौरे पर हैं पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना की ताजा झड़प के बाद सेना प्रमुख वहां गये हैं

इस मुद्दे का समाधान कर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास जारी है

जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह करेंगे बैठक में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की यृद्धि दर केन्द्र और राज्यों के कर स्वरूप वस्तु तथा सेवा कर क्षतिपूर्ति के भुगतान राजस्व घाटा अनुदान और वित्तीय सुदृढ़ता के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा

आकाशवाणी से बात करते हुए श्री दुग्गल ने कहा कि इन ऐप्लिकेशन का वैश्विक मूल्य पचास से साठ प्रतिशत तक गिर गया है उन्होंने कहा कि इन ऐप से हजारों करोड़ रूपए कमाए जाते थे उन्होंने कहा कि ब्लॉक किए गए ऐप के माध्यम से बड़ी मात्रा में डाटा भारत से बाहर जाता था

प्रधानमंत्री ट्विटर ट्रियटर प्रबंधन ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत वेबसाईट से जुड़ा और हैक किया गया अकाउंट अब बहाल कर दिया गया है ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये इस स्थिति की गहन जांच कर रहे हैं

इसके अलावा यह महिलाएं बर्मी कम्पोस्ट भी तैयार कर रही है

ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की सुनिश्चित हो छात्र रिसर्च निवाड़ी जिले के उबोरा गांव के एक छात्र और उसके दोस्तों की रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय कृंडेश्यर के छात्र अजय देव परमार की इस रिसर्ट ने उन्होंने रोबोटिक्स के क्षेत्र में ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट की रिसर्च की

उन्होंने निर्देश दिये है कि ये सहकारिता से सम्बधित शासन की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ प्रभावी रूप से मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये ताकि हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकें

अगले दो दिनों में इस दौरान पूर्वी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और मॉनसुन की अक्षीय रेखा इस सर्क्लेशन के आसपास है जिसके चलते राज्य के विभिन्न भागों पर फिर से मॉनसून सक्रिय हो रहा है इस दौरान भोपाल रायसेन होशंगाबाद और आसपास के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है

श्री चौहान ग्राम पग्नेश्वर में किसानों से संवाद भी करेंगे

परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई